शीर्ष दस में छह लड़कियां शामिल

परीक्षा चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा पर चर्चा की दूसरी कड़ी में कल देश भर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत और अनुभव साझा करेंगे प्रधानमंत्री विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे बच्चे बिना किसी दबाव और तनाव के परीक्षा दे सकते हैं आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये एक वैश्विक कार्यक्रम होगा इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं

आज नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के समापन परेड को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना देश के दुश्मनों को करारा जवाब दे रही है इससे पहले थलसेना नौसेना और वायुसेना के कैडटों ने प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जिसके बाद ट्कड़ियों ने मार्चपास्ट किया प्रधानमंत्री ने सर्वश्रेष्ठ कैडटों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार भी प्रदान किए

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन भी इस अवसर पर उपस्थित थीं वहीं उपराष्ट्रपति एम वैंकैया नायड् ने कहा है कि स्कूल के दिनों से ही बच्चों के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस और राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी जैसी स्वैच्छिक सेवाओं को अनिवार्य किया जाना चाहिये गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले चुके एनएसएस के स्वयंसेवियों से आज नई दिल्ली में बातचीत करते हुए श्री नायडू ने यह बात कही गैस त्रासदी मुआवजा भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने से जुड़ी याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय अप्रैल से सुनवाई करेगा यह याचिका केंद्र सरकार और पीड़ितों की ओर से दायर की गई है

अब इसका स्वामित्व डाउ केमिकल्स नामक कंपनी के पास है

जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई थी वहीं हजारों लोग आज भी इसका दंश झेल रहे हैं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की युगलपीठ ने कहा कि वह पीड़ितों की मुआवजा राशि बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार की याचिका पर अप्रैल में सुनवाई करेगी कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता किसान और युवा कल्याण है श्री नाथ ने आज भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित यादव महासभा में ये विचार व्यक्त किये मुख्यमंत्री श्री नाथ ने पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव का स्मरण करते हुए समन्वय भवन का नामकरण स्वर्गीय यादव के नाम पर करने की घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि यादव समाज का गौरवपूर्ण इतिहास है उन्होंने यादव समाज को सांस्कृतिक क्रियाकलापों के लिये भूमि आवंटन का आश्वासन दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिये नये दृष्टिकोण के साथ कृषि क्षेत्र पर ध्यान देना होगा अर्थ व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये किसान की क्रय शक्ति को बढ़ाना होगा सज्जनसिंह लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सरकारी भवनों के निर्माण के लिये इस वर्ष आवंटित बजट का शत प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित किया जाये उन्होंने अब तक शुरू नहीं किये गये निर्माण कार्यों की जानकारी पर अप्रसन्नता व्यक्त की लोक निर्माण मंत्री श्री वर्मा आज भोपाल स्थित मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में सरकारी भवनों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे

अंकसूची के आधार पर मण्डला के हर्षल चौधरी पहले स्थान पर रहे इस बार टॉप टेन में छह महिला अभ्यर्थियों ने जगह बनाई इनमें भोपाल की रचना शर्मा और राजनन्दिनी शर्मा दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं प्रथम स्थान पाने वाले हर्षल चौधरी ने हमारे मण्डला संवाददाता से बातचीत में अपनी सफलता का श्रेय परिजनों को देते हुए कहा कि सफलता का कोई शार्टकट नहीं होता

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल कार्यशाला का श्भारंभ करेंगे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में बनवाई गई ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में विस्तृत चर्चा होगी

इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं तथा समाज के वर्गो में बढ़ती हुई मद्यपान एवं मादक पदार्थो द्रव्यों के सेवन की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए इनसे होने वाले दृष्परिणार्मो से युवाओं और समाज को अवगत कराकर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करना है मद्य निषेध दिवस पर विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मद्य निषेध पर सेमीनार कार्यशाला रैली प्रदर्शनी वाद विवाद निबंध लेखन पोस्टर प्रतियोगिताएं नाटक आदि का आयोजन किया जाएगा इसके साथ ही संकल्प पत्र एवं शपथ पत्र भी भरवाए जाएंगे

इस कंट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी अनुविभागीय कृषि अधिकारी को बनाया गया है साथ ही उपयंत्री जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रायसेन और सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय की ड्यूटी लगाई गई है

मोहन यादव स्वच्छता को लेकर उज्जैन सहित सभी शहरों के लोंगों की सोच और मानसिकता में बदलाव आ रहा है लोगों की आदत और व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है इसके चलते उज्जैन में भी स्वच्छता के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं सुचना और प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आऊटरीच ब्यूरो इंदौर द्वारा उज्जैन में आयोजित विशेष प्रचार कार्यक्रम में विधायक डा मोहन यादव ने ये बात कही श्री यादव ने आशा व्यक्त की है कि इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में उज्जैन निश्चित ही अव्वल स्थान हासिल करेगा मौसम उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठण्ड पड़ रही है कल सभी संभागों में कुछ स्थानों पर शीतलदिन रहा वहीं जबलप्र सागर होशंगाबाद भोपाल इंदौर उज्जैन और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं शीतलहर चली रीवा शहडोल जबलपुर सागर और होशंगाबाद संभागों के जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई प्रदेश में न्यूनतम तापमान बीती रात तीन डिग्री सेल्सियस खजुराहो नौगांव बैतूल और दतिया में दर्ज किया गया मौसम विभाग ने सागर उज्जैन होशंगाबाद ग्वालियर चंबल भोपाल रीवा जबलपुर और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की चेतावनी दी है वहीं ग्वालियर उज्जैन सागर होशंगाबाद और रीवा संभागों के जिलो में आज पाला पड़ सकता है कड़ाके की ठण्ड को देखते हुए इंदौर रतलाम और उज्जैन जिलों के स्कूलों में छट्टी घोषित कर दी गई है वहीं भोपाल में स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है

समापन समारोह में विधायक जजपाल सिंह ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया

तीन दिवसीय निमाड़ उत्सव का निमाड़ उत्सव समारोह इस बार भव्यता के साथ आयोजित किया जायेगा